जिसके अंतर्गत फिल्म निर्माताओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हई बैठक में कल ये फैसला किया गया इस नीति में प्रदेश में फीचर फिल्म टीवी धारावाहिक और डाकूमेन्ट्री की शूटिंग को वित्तीय अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जायेगा इसके लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि आवास और परिवहन आदि को विकसित किया जायेगा इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निवेश के प्रस्तावों को समयसीमा में मंजूरी के लिए समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम को भी मंजूरी दी

इसी तरह अन्य अनुमतियां भी निश्चित समयसीमा में दी जायेंगी राज्य मंत्रिमंडल ने होशंगाबाद जिले में मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक आवासीय क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय किया है मंत्रिमंडल केन्द्र सरकार दस हजार नये कृषि उत्पाद संगठनों की स्थापना करेगी जिससे रोजगार के डेढ़ लाख अवसर उपलब्ध होंगे

कल नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों के हित में कई उपाय किए जायेंगे

श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है इसमें खुले में शौच से मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है

इस मिशन के शुभारंभ के बाद से अब तक दस करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है सरकार महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक लायेगी

इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा राज्य आनंद संस्थान द्वारा प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये है राज्य आनंद संस्थान के आनंदक स्कूल कॉलेजों और संस्थाओं में करीबी बेरोजगारी भिक्षावृति अशिक्षा और भेदभाव को खत्म करने की दृष्टि से नागरिकों को संकल्प दिलायेंगे इसके अलावा महिलाओं दिव्यांगों के कल्याण के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के प्नर्वास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता के प्रयास भी करेंगे कटनी जिले के कैलवारा खूर्द ग्राम पेंचायत के टिकरिया गॉव में जनजागरूकता कार्यक्रम होगा इसके अलावा खखरी में आनंद सभा और शपथग्रहण समारोह आयोजित किया जायेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे और सांसद नकल नाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि इन स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य मध्यप्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा किया जायेगा

यह अब तक का एक दिवसीय सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन है

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इस उपलब्धि पर पावर जनरेटिंग कम्पनी के पूरे स्टाफ को बधाई दी है गांधी स्तंभ अब प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गांधी स्तंभ स्थापित करना अनिवार्य किया गया है उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कल भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में धर्मपाल स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को मानवीय अवधारणा में पारंगत करने के लिए महात्मा गांधी की विचारधारा से अवगत कराना जरूरी है श्री पटवारी ने कहा कि अहिंसा सद्भाव और समानता गांधी जी के प्रमुख विचार थे और यही हमारे देश की विशेषता भी है उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से अवगत कराने के लिए एक हजार चार सौ कॉलेजों में महात्मा गांधी पर शोध के उद्वेश्य से गांधी पीठ स्थापित की गई है